म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना संक्रमण से पीडि़त वरिष्ठ लेखकों कलाकारों और पत्रकारों के निधन पर शोक व्यक्त किया आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से एक लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की खरीदने की स्वीकृति दी है श्री मोदी दवारा यह फैसला कोविड प्रबंधन के लिए तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए ब्लाई गई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया प्रधानमंत्री ने हिदायत की है कि यह ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जल्द से जल्द खरीदे जायें और अधिक पोजिटिव मामलों वाले राज्यों को मुहैया करवायें जायें

यह संयंत्र रक्षा अन्संधान एवं विकास संगठन और वैज्ञानिक एवं औदयोगिक शोध परिषद दवारा विकसित स्वदेशी प्रौदयोगिकी के स्थानीय निर्माताओं के तबादले से स्थापित किये जायेंगे कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड मरीज़ों को हो रही ऑक्सीजन की कमी की समस्या के समाधान के लिए करनाल के जिला प्रशासन ने चलता फिरता ऑक्सीजन बैंक स्थापित करने की एक नई पहल की है इस ऑक्सीजन बैंक को ऑक्सीजन आन व्हील का नाम दिया गया है करनाल के उपाय्क्त निशांत क्मार यादव ने ऑक्सीजन आन व्हील के बारे मे जानकारी देते ह्ये बताया कि इससे सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों को कमी होने पर ऑक्सीजन दी जायेगी उन्होने बताया कि करनाल जिले में प्रतिदिन रूड़की संयंत्र से जिले को ऑक्सीजन सिलेडर से भरा एक ट्रक मिलता है जिसकी क्षमता लगभग तीन हजार किलोग्राम होती है उन्होंने कहा कि रूड़की से गाड़ी सूबह की बजाये शाम को पहंचती है जिस कारण ऑक्सीजन की कमी से अब निजात मिलेगी

इस कदम से देश के अस्प्तालों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने मे मदद मिलेगी

कंपनियों दवारा संचालित संयंत्रों में ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमताओं की पता लगाने के लिए उर्वरक एंव रसायन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हई बैठक में यह निर्णय लिया गया

संघ ने व्यापारी वर्ग से भी अपील की है कि वे भी इसी तर्ज पर शनिवार व रविवार को दुकाने बंद रखें ताकि कोरोना की कड़ी को तोड़ा जा सकें

भविष्य में शनिवार व रविवार को निरंतर पूर्ण रूप से अपने प्रतिष्ठान बंदर रखने को लेकर भी निर्णय लिया जायेगा गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा का आक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने पर केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया हैं

इससे मरीजों को राहत मिलेगी और आक्सीजन की कमी नही रहेगी उन्होंने कहा कि आक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आक्सीजन को दूर दूर के संयत्रों से भी लाई जाएगी श्री विज ने कहा कि उन्होनें कोविड संक्रमण के प्रसार के संकट को देखते हए प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए है कि अस्पतालों में बैड की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ अस्थाई तौर पर अस्पताल स्थापित किए जाए जिससे की कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रस्त रोगियों के ईलाज में कोई कमी न रहें उन्होंने कहा कि ऐसे अस्थाई तौर पर स्थापित किए जाने वाले अस्पताल बैक्विट हॉल स्कूल तथा धर्मशाला आदि में बनाए जा सकते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित अनेक वरिष्ठ लेखकों कलाकारों एवं पत्रकारों के निधन पर शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजा है हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक श्री चन्द्र त्रिखा ने बताया कि कोरोना काल में जिन शब्दशिल्पियों का निधन हआ है उनमें दिवंगत श्री नरेन्द्र कोहली डॉ सुरेश गौतम श्री रमेश उपाध्यायमहान शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा प्रख्यात उपन्यासकार मंजूर एहतशाम सूख बरगद व वरिष्ठ पंजाबी पत्रकार प्रेम गोरखी शामिल हैं उन्होंने बताया कि डॉ सुरेश गौतम को इसी वर्ष हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से आजीवन साहित्य साधना का सम्मान देने की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों व अपने अपने घरों पर उपचाराधीन लेखकों कवियों कलाकारों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है

इस निर्णय से जहां एक ओर तहसील में भीड़ कम होगी तो वहीं दूसरी ओर डीडस के पंजीकरण के लिए लम्बी प्रतीक्षा अवधि से राहत भी मिलेगी

केन्द्र सरकार ने खाली सिरिंज के साथ एक व्यक्ति को वैक्सीन देने बारे सांझा किये जा रहे एक संदेश को भ्रामक बताया है इस वीडिया संदेश मे दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन दे दी गई है लेकिन सिरिंज खाली है पीआईबी फैक्टचेक की टीम ने तथ्यों की जांच के बाद इसे झूठा बताया है एक टवीट में माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि यह वीडियो भारत की नहीं है और गलत संदर्भ में सांझा की जा रही है